तीन जिलों में एक हजार पांच सौ मेगावाट सौर उर्जा पार्क बनेगे टीकमगढ़ का निवाड़ी बना प्रदेश का बावनवाँ जिला पराकम पर्व पर प्रदेश में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने आज भोपाल में स्टार्ट अप कॉन्क्लेव में संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में इनोवेशन कांउसिल का निर्माण किया जायेगा मध्यप्रदेश इण्टरप्रेनोर नेटेवर्क बनेगा प्रदेश में नीति में परिवर्तन कर स्टार्ट अप से बिना टेण्डर के तीस लाख रुपये तक की शासकीय खरीदी करने की व्यवस्था की जायेगी देश में स्टार्टअप का नया डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश होगा उन्होंने कहा कि भविष्य में मध्यप्रदेश का रोडमैप प्रदेश की जनता मिलकर तैयार करेगी राज्य की सातो स्मार्टसिटी में इन्क्यूवेशन सेण्टर बनाये जा रहे हैं जिनमें स्टार्ट अप शुरू करने के लिए युवाओं को सभी सुविधायें दी जायेंगी मुख्यमंत्री ने स्टार्ट अप कान्क्लेव में भोपाल इंदौर ग्वालियर उज्जैन और सागर में मौजूद प्रतिभागियों से सीधा संवाद किया नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभकान्त और प्रदेश के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहे वैंकैया नायड् उपराष्ट्रपति एमवैंकैया नायडू ने कहा है कि केन्द्र सरकार गांवों में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढाँचे को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रही है श्री नायडू आज ग्वालियर जिले के पिचहत्तर सरकारी स्कूलों में सौ डिजिटल कक्षाओं का शुभारंभ करने पहुंचे थे उन्होंने कहा कि विकास के लिए सड़के बहुत जरूरी हैं सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की पहल पर मुस्कान फाउण्डेशन और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के सहयोग से ग्वालियर में डिजिटल कक्षाओं की स्थापना हो रही है केबिनेट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज केबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये सरकार के प्रवक्ता और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि भोपाल इंदौर के बीच सिक्स लेन एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी गई है वहीं भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निर्माणकार्य के लिए पांच सौ उन्तीस करोड़ रुपये खर्च होंगे डाक्टर मिश्र ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आठ सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है इसके अलावा ब्लॉकस्तर पर छात्रावास निर्माण शाजापुर नीमच और आगर मालवा में एक हजार पांच सौ मेगावाट के सौर उर्जा पार्क की स्थापना एक शहर से दूसरे शहर के बीच एक हजार छह सौ बसें चलाने और शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक माह के भीतर विशेष परीक्षा कराये जाने की सहमति दी गई केंबिनेट ने पन्ना और रायसेन में शासकीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने की भी मंजूरी दी है ग्रारिडिजिटल इण्डिया केन्द्र सरकार के डिजिटल इण्डिया अभियान के तहत गांव गांव में कॉमन सर्विस सेण्टर खोले गये है सीएसी के माध्यम से लगभग तीन सौ प्रकार की जरूरी सेवायें दी जा रही हैं शहडोल जिले में लगभग तीन सौ से अधिक कॉमन सर्विस सेण्टर से लाखो लोगों को फायदा पहुंच रहा है

भोपाल स्थित शौर्य स्मारक वीर सैनिकों के साहस शौर्य पराकम और बलिदान का प्रतीक है भारतीय सेना और एनसीसी द्वारा भोपाल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं आज एनसीसी हेडक्वार्टर में कमाण्डर द्वारा पराकम पर्व परेड की सलामी ली गई और सेना को जाने दौड़ का आयोजन किया गया दोपहर बाद प्रेरणा स्तंभ में सैन्य आयुध और उपकरण प्रदर्शनी के साथ आर्मी बैण्ड की प्रस्तुति दी गई सैन्य आयुध और उपकरण प्रदर्शनी आम जनता के लिए कल शाम छह बजे तक खुली रहेगी पराकम पर्व पर आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर भोपाल के ग्रुप कमाण्डर ब्रिगेडियर अनिल हुड्डा ने कहा कि देश में भारतीय सेनाओं के प्रति हमेशा ही सम्मान रहा है और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्यवाही के जरिए हमारी सेनाओं ने देश के बाहर भी अपना लोहा मनवा लिया है

इसका प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी नेटवर्क से किया जायेगा

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी एप और माईजीओवी के ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है भाजपा महिला मोर्चा बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष राकेश सिंह और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता एल्कर चार अक्टूबर को भाजपा महिला मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक लेगें इसमें संगठन के प्रदेश पदाधिकारी कार्यसमिति सदस्य जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा महिला विधायक सांसद जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष नगरीय निकायों के महिला अध्यक्ष और महापौर सहित सभी मुख्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे निवाड़ी जिला टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी को राज्य सरकार ने नया जिला घोषित किया है राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में निवाड़ी जिले में तहसील पृथ्वीपुर निवाड़ी और ओरछा को शामिल किया गया है

इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेगे